आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नैसकॉम टैक्नोलोजी और लीडरशिप फोरम एनटीएलएफ को संबोधित करते हए श्री मोदी ने स्टार्टअप से उत्कृष्टता के वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने पर विचार करने का अन्रोध किया उन्होंने कहा कि लोगों को डिजिटल रूप में जानकारी देने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में भी टैक्नोलोजी असरदार रही है

प्रदेश में म्ख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में चौथी बार हितग्राहियों को एक साथ ऋण वितरण किया जा रहा है

इससे किसानों की आय दोग्नी होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा

इस संशोधन से जिलाधिकारियों के साथ साथ अपर जिलाधिकारी भी प्रत्येक जिले में किशोर न्याय अधिनियम लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज की निगरानी कर सकेंगे

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाये

यह बात आज माखनलाल चत्र्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविदयालय के कुलपति प्रो केजी स्रेश ने पीआईबी भोपाल सभागार में विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में मन का रेडियो विषय पर आयोजित सेमिनार में कही सेमिनार को संबोधित करते हए जनसंपर्क विभाग के सचिव सूदाम खाड़े ने कहा कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में रेडियो हमें खूद को सुनने का मौका देता है पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कहा कि रेडियो का देश के द्राज इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता है शोध पत्रिका समागम के संपादक मनोज क्मार ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो भविष्य का रेडियो है आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रम्ख विश्वास केलकर ने लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका पर प्रकाश डाला सेमिनार में कम्य्निटी रेडियो को समर्पित शोध पत्रिका समागम के फरवरी अंक का लोकार्पण किया गया